कहा राज्य के विकास के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जरूरी

और शारदीय नवरात्र की तीन दिवसीय महापूजा आज से शुरू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

पहले चरण में सोलह जिलों की इकहत्तर सीटों के लिए अट्ठाईस अक्तूबर को वोट डाले जाएंगे चुनाव प्रचार अपने चरम पर है सभी पार्टियों के कद्दावर वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को रिझाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के साथ साथ अन्य राजनीतिक दल भी लगातार अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं का आयोजन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान आज सासाराम से शुरू किया श्री मोदी ने कहा है कि बिहार की जनता ने यह संकल्प कर लिया है कि उन लोगों को फिर से वापस नहीं आने देंगे जिन्होंने पूर्व में बिहार को बीमारू राज्य बनाया था सासाराम के निकट डेहरी आनसोन में राज्य में अपनी पहली चुनावी सभा में उन्होंने यह बात कही बाईट पीएम हर च्रनाव में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए एक दो चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते है कभी किसी नई शक्ति के उभरने की बातें फैलाई जाती है लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता बिहार का मतदाता तो इतना समझदार है कि वो भ्रम फैलाने वालों की हर कोशिश को खुद ही नाकाम कर रहा है बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है उन्हें आसपास भी नहीं फटकने देंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में पूर्व में सरकार में रहे लोग विकासशील राज्य की सत्ता को ललचाई नजरों से देख रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि बिहार को ऐसे लोगों को भूलना नहीं चाहिए जो राज्य को पीछे की ओर ले गए प्रधानमंत्री ने कोविड के खिलाफ संघर्ष में बिहार के लोगों की सराहना की बाईट पीएम कोरोना महामारी से बचने के लिए तेजी से जो फैसले लिए गए हैं जिस तरह बिहार के लोगों ने काम किया नितिश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने काम किया उसके नतीजे आज दिख रहे हैं अगर बिहार में तेजी से काम न हुआ होता तो ये महामारी न जाने कितने साथियों की हमारे परिवारजनों की जान ले लेती

लेकिन आज बिहार कोरोना का मुकाबला करते हुए सारी सावधानियों के साथ लोकतंत्र का पर्व मना रहा है गया में एक अन्य चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने नक्सलवादियों का समर्थन करने के लिए महागठबंधन को आड़े हाथों लिया उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में नक्सलवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए काफी प्रयास और सख्त कदम उठाये गये हैं वहीं भागलपुर में अपनी तीसरी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के तीव्र विकास के लिए श्री नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बिहार के प्रत्येक नागरिक से अपील की कि वे विधानसभा चुनाव में कोविड उन्नीस से बचाव के लिए मास्क पहनकर और एक दूसरे के साथ सम्पर्क में आते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखकर अवश्य मतदान करें प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते हुए जनता दल युनाइटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने बिहार के विकास के लिए काम किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि दोबारा अवसर मिलने पर उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सिंचाई की सुविधा और आधुनिकतम प्रौद्योगिकी सभी गांवों तक पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर आरोप लगाया है कि वह दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने के अपने वायदे को पूरा करने में असफल रही नवादा जिले के हिसुआ में अपना चुनाव अभियान शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है

राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज गया नवादा और नालंदा जिलें में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है

इस दौरान चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बिहार के प्रवासी श्रमिक लॉकडाउन के काल को भूले नहीं हैं इस बार के चुनाव में वे अपनी दुर्दशा का हिसाब जरूर लेंगे

यदि उनकी सरकार बनती है तो प्रभावी तरीके से इसपर अंकुश लगाया जायेगा इधर सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लोग बदलाव देखना चाहते हैं और यह चुनाव बिहार से एनडीए के सत्ता से बाहर होने का गवाह बनेगा वहीं जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने भी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में कई सभाओं को संबोधित किया

पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कोरोना टीके के बारे में केंद्र से बात करेगी श्री प्रसाद ने कहा कि केंद्र की सहायता से बिहार के लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा

बिहार में हमारी सरकार बन रही है तो बिहार सरकार केंद्र सरकार के साथ सहयोग कर बिहार के कोरोना पीडि़त लोगों को ये वैक्सिन मुफ्त उपलब्ध कराएगी और जो कोरोना पीडित नहीं भी हैं उनके लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी ये बहुत ही सीधा हमारा संकल्प है लेकिन सबसे आश्चर्य लग रहा है कुछ लोग इसको कह रहे है ये राजनीतिक मुद्दा है तो क्या स्वास्थ्य की सेवा के लिए संकल्प करना चुनाव में नहीं होना चाहिए

मौजूदा विधायक अनंत सिंह के राष्ट्रीय जनता के टिकट पर चुनाव लडने से राजनीति के नये समीकरण बने हैं वे दो हजार पांच से लगातार चार बार मोकामा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बेबाक बोल के लिए चर्चित अनंत सिंह कई आपराधिक मामलों में आरोपी हैं और जमानत पर ही चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ जदयू ने अपने पुराने कार्यकर्ता राजीव लोचन नारायण सिंह को टिकट दिया है लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं वहीं पालीगंज सीट पर मौजूदा विधायक जयवर्धन यादव ठीक चुनाव से पहले अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल छोडकर जनता दल यूनाइटेड में आ गये अब वे यहां से जदयू के प्रत्याशी हैं वहीं राजद ने अब यह सीट सीपीआई माले को दे दी है जहां से संदीप सौरभ चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी ने बगावत करके लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं इस विधानसभा क्षेत्र से पच्चीस उम्मीदवार अपनी किसमत आजमा रहे हैं बिक्रम सीट पिछले बार कांग्रेस ने जीती थी कांग्रेस के सिद्दार्थ सौरभ जो पटना के एक जाने माने शिशुरोग विशेषज्ञ के पुत्र हैं फिर से प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ भाजपा ने अतुल कुमार को चुनाव में उतारा है वहीं पूर्व विधायक अनिल कुमार भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय ही चुनावी मैदान में हैं पहले चरण की दो अन्य सीटों बाढ और मसौढी पर मौजूदा विधायकों को ही टिकट मिले हैं भाजपा के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बाढ से लगातार चौथी बार चुनाव जीतने के लिए उतरे हैं आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से रजनीकांत चौधरी

इस चरण में पन्द्रह जिलों की अठहत्तर विधानसभा सीटों के लिए एक हजार दो सौ उनचास नामांकन पत्र सही पाये गये हैं इस चरण के लिए सात नवम्बर को मतदान होगा वाल्मिकी नगर लोकसभा उप चुनाव के लिए सात प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गये हैं सात नवम्बर को ही इस लोकसभा सीट पर उप चुनाव के लिए भी मतदान होगा विधानसभा चूनाव के तीसरे चरण में सात नवम्बर को होने वाले कटिहार जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में आज चार उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिये इसके बाद जिले में कुल एक सौ एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गये हैं इधर सीतामढ़ी जिले में चार उम्मीदवारों के नाम वापसी के बाद जिले में कुल पचासी उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गये हैं राजद ने पार्टी के विरूद्ध चुनाव लड़ने को लेकर केसरिया विधायक राजेश कुमार को राजद से छह वर्षों के लिए निष्कासित किया है गौरतलब है कि राजद ने इस बार के विधानसभा चुनाव में राजेश कुमार की जगह संतोष कुशवाहा को केसरिया से अपना उम्मीदवार बनाया है शेखप्ररा में चूनाव प्रचार के दौरान खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले आठ उम्मीदवारों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है इनमें बरबीघा से विघायक और जदयू के प्रत्याशी सुदर्शन कुमार सहित कई दलीय और निर्दलीय प्रत्याशी शामिल है कोविड उन्नीस के दिशा निर्देशों के पालन नहीं किये जाने को लेकर बक्सर में चार पार्टियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है वहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और कोरोना संक्रमण महामारी के दौरान निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने के आरोप में बक्सर में इक्कीस लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है इधर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में अब तक तीन सौ छह मामले दर्ज किये गये हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख अंठावने हजार चार सौ सैंतीस हो गयी है स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव तीन दो प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में एक हजार तिरानवे नये मामलों के साथ राज्य में सक्रमितों की संख्या दस हजार नौ सौ सत्रह है पटना में आज दो सौ उनतीस नये मामलों की पुष्टि हुई है वहीं मुजफ्फरपुर में छियानवे नालंदा में अठहत्तर पूर्णिया में उनचास गोपालगंज में चौवालीस औरंगाबाद में बयालीस और भागलपुर में इकतीस नये मरीजों की पहचान हुई है इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक एक हजार चौतीस लोगों की मौत हुई है शारदीय नवरात्र के सातवें दिन आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी दूर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए आज मंदिरों में देवी दुर्गा के पट खुल गये हैं इसके साथ ही शारदीय नवरात्र की तीन दिवसीय महापूजा का भी आरंभ हो गया है दुर्गा प्रजा को लेकर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश का माहौल भक्तिमय हो गया है इस बार कोविड के कारण सार्वजनिक स्थानों पर पंडालों और देवी दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना नहीं हुई है

कहा राज्य के विकास के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जरूरी

देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना